भाजपा नेता व मुख्यमंत्री ने कहा विपक्ष के बेमेल गठबंधन के पास लोगों की भलाई का कोई विजन नहीं

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में चुनौती को चुनौती देने का जज्बा है और मुझे भी वो विरासत में यहां से मिला है नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि दस सालों में कांग्रेस सरकारों ने हर बड़े फैसलों को टाला जिससे देश को नुक्सान उठाना पड़ा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस व महामिलावटी गठबंधन का मिशन उनकी छवि को बिगाड़ने का है मगर मोदी का मिशन भारत की छवि को ऊंचा उठाना है प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने रक्षा व सैन्य नीति को कमजोर करने का काम किया है जबकि एनडीए सरकार ने सैनिकों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं

उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने लोगों से चारों सीटें फिर से देने का आह्वान किया है इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता मौजूद रहे जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष के बेमेल गठबंधन के पास देशवासियों की भलाई का कोई विजन नहीं है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है जबकि मोदी के पांच साल के कार्यो ने जनता का दिल जीत लिया है जयराम ठाक्र ने कहा कि आजादी के बाद देश को मोदी के रूप में एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है और उन्होंने देश में आतंकवादियों व माओवादियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिल में समाज के सबसे कमजोर के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इसीलिए इस वर्ग के हित में कई योजनाएं चलाई है वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं वो कई लोकसभा चुनावों में हर बार दोहराये जाते हैं मुलाकात थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद रहीं ये एक शिष्टाचार भेंट थी चुनाव प्रबंध लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सभी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि रोहतांग व कुंजम दर्रा बंद होने के कारण स्पीति के लिए मशीनों को हेलिकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा उधर ऊना में चुनाव के मद्देनजर हथियार बंद सुरक्षा बलों ने आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने बताया कि चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अन्य राज्यों से आए पुलिस जवानों के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी निष्पक्ष चुनाव में सहयाग करेंगे उन्होंने बताया कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है

ऐसे में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है और भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है अपने प्रचार अभियान के तहत आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अपने शासनकाल में हर संवेदनशील मुद्दे पर उदासीनता दिखाते हुए हुआ तो हुआ वाला रवैया अपनाने के कारण देश को हर मामले में पीछे धकेलने का काम किया है अनुराग ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश विकास का नया अध्याय लिख रहा है वहीं कांग्रेस अवसरवादिता का अभूतपूर्व अध्याय लिखने में व्यस्त है इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व मंत्री महेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज रोहड् विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को एक सूत्र में पिरोया है वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किए वायदे पूरे नहीं किए हैं उन्होंने कहा कि भाजपा के इस कार्यकाल में देश में बेरोजगारी बढ़ी और विकास दर में भारी कमी हुई है वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी उनके साथ मौजूद रहे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रचार किया और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर पर क्षेत्र में विकास न करवाने का आरोप लगाया आश्रय शर्मा मंडी लोकसभा क्षेत्र से काग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि लोग भाजपा की डबल इंजन की सरकार से परेशान है और प्रदेश में विकास के सभी कार्य ठप्प पड़े है वे आज बंजार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे

उड़ान दो उड़ान दो योजना के तहत चंडीगढ़ कुल्लू के बीच आज से हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हुई जो सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध रहेगी इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं कुल्लू मनाली आने वाले सैलानियों को सुविधा होगी भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि कल से धर्मशाला के लिए भी हेलिटैक्सी सेवा शुरू हो रही है ये सेवा चंडीगढ़ शिमला होते हुए कुल्लू पहुंचेगी और इसका किराया प्रति सीट करीब छः हजार रुपए रहेगा इस सेवा के शुरू होने पर प्रदेश होटल व रेस्तरां संघ के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि इससे पर्यटन व्यवसाय को गति मिलेगी